खेल मंत्रालय ने अगले साल खेलो इंडिया में चार स्वदेशी खेलों को शामिल करने की दी मंजूरी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

कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का खुले मन के साथ सही हल दूंढने के प्रयास कर रहा है श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की वार्ता करने के लिए इच्छुक है उन्होंने पत्र में लिखा कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुददे पर उनके सुझाव मांगे इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है हिन्द मजदूर किसान समिति एचएमकेएस के एक शिष्टमंडल ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट की और नए कृषि कानूनों के समर्थन के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया समिति के सचिव सतीश ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और उनका संगठन इन कानूनों का पूरी तरह समर्थन करता है उन्होंने कहा कि ये कानून बिचौलियों से किसानों का शोषण समाप्त करने में मददगार होंगे इधर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि कानूनों को विस्तार से समझाते हुए कहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की है साथ ही कई चीजों पर केंद्र की राय उन्होंने स्पष्ट कर दी है उन्होंने कहा कि किसानों को श्री मोदी ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और मंडियां भी बंद नहीं होंगी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में संकमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है

श्रीगंगानगर में संकमण का कोई भी मामला नहीं मिला है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

हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गटका कलरी पयट्टू तांग टा और मलखम्ब की स्पर्धाए भी होगी खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वदेशी खेलों की समुद्व विरासत है और खेल मंत्रालय इन खेलों के संरक्षण प्रोत्साहन और लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रहा है